उन्होंने कहा कि गंगा नदी नहीं बल्कि भारत की संस्कृति है राष्ट्रपति ने कहा कि गंगा और भारतीय संस्कृति एक दूसरे के पूरक हैं राष्ट्रपति प्रदेश के तीन दिवसीय दौरे पर आज अपनी यात्रा के अंतिम दिन वाराणसी में मीडिया हाउस जागरण फोरम दो हजार इक्कीस द्वारा आयोजित गंगा पर्यावरण और भारतीय संस्कृति पर एक कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद लोगों को सम्बोधित कर रहे थे राष्ट्रपति ने कहा कि गंगा का संरक्षण आधुनिकता का आधार है राष्ट्रपति ने गंगा नदी की स्वच्छता और समानता के लिए निरंतर अध्ययन पर जोर दिया राष्ट्रपति ने कहा कि गंगा इतनी घुलमिल गई है तथा लोगों के मन और संस्कृति का हिस्सा बन गई है कि जब भी वे दुनिया भर में जाते हैं तो वे गंगा को अपने साथ ले जाते हैं उन्होंने कहा कि गंगा का जन्म से लेकर मृत्यु तक लोगों के साथ संबंध है राष्ट्रपति ने कहा कि न केवल हिंदू बल्कि भारत में सभी समुदाय के लोग गंगा से जुड़े हैं राष्ट्रपति ने कहा कि काशी शहर की अपनी संस्कृति तथा विशेषता गंगा और संस्कृति के कारण है जो काशी को अन्य शहरों से अलग बनाती है राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उल्लेख किया और कहा कि उन्होंने काशी से स्वच्छता अभियान शुरू किया और अब गंगा स्वच्छ हो गई है और काम अभी भी जारी है अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने अपील की कि विकास करते समय आधुनिकता और हमारी प्राचीन संस्कृति के बीच समायोजन होना चाहिए राष्ट्रपति ने कहा कि काशी ने भारत और मानवता के लिए काम करने वाले कई भारत रत्नों को सम्मानित किया है राष्ट्रपति शुक्रवार को अपनी तीन दिवसीय यात्रा पर वाराणसी पहुंचे तथा वाराणसी सोनमद्र और मिर्जापुर जिलों में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के लिए दस लाख बत्तीस हजार से अधिक विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है इस कार्यक्रम के लिए दो लाख साठ हजार से अधिक शिक्षकों और बान्नवे हजार से अधिक अभिभावकों ने भी पंजीकरण कराया है हमारे संवाददाता ने बताया है कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम बच्चों के लिए तनावरहित माहौल बनाने के उद्देश्य से श्रु किए गए व्यापक अभियान का एक हिस्सा है आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है ये दिन प्रत्येक वर्ष पन्द्रह मार्च को उपभोक्ता अधिकार और आवश्यकताओं के बारे में वैश्विक जागरूकता बढाने के लिए मनाया जाता है उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयुष गोयल ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं एक ट्वीट में श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने उपभोक्ताओं के अधिकारों को पूरी तरह से सुरक्षित और संरक्षित रखना सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि उपभोक्ताओं को यह अधिकार है कि उन्हें उचित मूल्य पर सही उत्पाद मिले श्री जावडेकर ने लोगों से आग्रह किया कि वे सही उत्पाद न मिलने पर उपभोक्ता फोरम में इसकी शिकायत करें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की अट्ठाईस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे

श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि मन की बात कार्यक्रम देशभर से लोगों के विचारों रोचक विषयों और प्रेरक जीवन यात्राओं को उजागर करने का अवसर देता है प्रधानमंत्री ने लोगों से कार्यक्रम के आगामी संस्करण के लिए अपने विचार साझा करने का भी आग्रह किया लोग नमो ऐप या माई गोव औपन मंच पर अपने विचार साझा कर सकते हैं प्रदेश में पर्यटन की अपार सम्भावनायें हैं इसी को दृष्टिगत रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर पद्रेश पर्यटन नीति घोषित किया है प्रदेश में ईको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है इसके तहत प्राकृतिक एवं वन क्षेत्र में मौजूद रमणीक स्थलों पर वन तथा पर्यटन विभाग द्वारा मिलकर ग्रामीण पर्यटन की ट्रष्टि से सम्बंधित क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है ईको टूरिज्म नीति के तहत सम्मावित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के सहयोग से बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाये पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए आवश्यक सुविधाओं का विकास किया जा रहा है प्रदेश सरकार की इस नीति से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा साथ ही स्थानीय स्तर पर उत्पादित कृटीर उद्योगों की विभिन्न वस्तुओं का विक्रय व राष्ट्रीय अन्तराष्ट्रीय स्तर पर उसकी पहचान बनेगी स्थानीय स्तर पर उत्पादित वस्तुओं के विक्रय से लोगों में आर्थिक समृद्धि आयेगी देशभर में लगभग तीन करोड लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है कल एक लाख चालीस हजार से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया इस बीच कल सत्रह हजार से अधिक रोगी कोविड से संस्थ हुए इस समय देश में स्वस्थ होने की दर अट्ठानबे दशमलव छह आठ प्रतिशत है